तीन आसान उपायों का पालन करें और स्रक्षित रहें

उन्होंने स्थानीय कंटेनमेंट जोन बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में ऑक्सीजन का उचित वितरण करने को भी कहा है बैठक के दौरान अधिकारियों ने राज्यों और जिलों की स्थिति जांच क्षमता ऑक्सीजन की उपलब्धता स्वास्थ्य देखभाल के ब्नियादी ढ़ांचे और टीकाकरण की योजना पर प्रस्त्तिकरण दिए श्री मोदी ने कहा कि स्थानीय कन्टेनमेंट जोन रणनीति बनाना उन राज्यों में बहत आवश्यक है जिनमें संक्रमण की दर अधिक है प्रधानमंत्री ने इन क्षेत्रों ने आरटी पीसीआर और रेपिड एंटीजन टेस्ट के जरिये जांच बढ़ाने के निर्देश दिए

इस दवा को रक्षा अन्संधान और विकास संगठन ने विकसित किया है और भारत के औषध महानियंत्रक ने हाल ही में इसके आपात इस्तेमाल की अन्मति दी है डॉ रेड्डी लैब अगले महीने से इस दवा का बड़ी मात्रा में उत्पादन करेगी यह दवा पाउडर के रूप में छोटे छोटे पैकेट में उपलब्ध होगी जिसे पानी में मिलाकर लिया जा सकेगा

कोरोना संकट में उनका जेल में रहना खतरनाक साबित हो सकता हैं

म्ख्यमंत्री ने आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ से भी फोन पर चर्चा कर उन्हें प्रदेश में कोरोना की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया इधरकोरोना संक्रमण की चैन तोड़ने लगाए गए लॉकडाउन और सख्ती का परिणाम अब दिखाई देने लगा है

उधरभोपाल संभाग के आयुक्त कवीन्द्र कियावत आज अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक साई मनोहर के साथ सीहोर जिले का दौरा किया

उमरिया में कोरोना वालंटियर कोरोना मरीजो के घरों और सार्वजनिक स्थलों पर सैनिटाइजेशन कर रहे हैं

ग्ना में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ने कोरोना रोकथाम के समन्वय में किए जा रहे उपायों एवं रोकथाम की कार्यवाहियों की जानकारी ली स्वास्थ्य मंत्री डॉ प्रभ्राम चौधरी ने सॉची चिकित्सालय के निरीक्षण के दौरान सर्वसुविधायक्त एम्बुलेंस का लोकार्पण किया

आक्सीकेयर प्रणाली रक्षा अन्संधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने एक ऑक्सीकेयर प्रणाली विकसित की है जिससे रोगी के शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा स्थिर की जा सके यह ऑक्सीकेयर सिस्टम रोगी के शरीर में मौजूद ऑक्सीजन को भाप लेता है और उसके आधार पर जितना आवश्यक हो उतना ही ऑक्सीजन देता है ऑक्सीकेयर को घर क्वारंटाइन सेंटर कोविड केयर सेंटर और अस्पताल में इस्तेमाल किया जा सकता है

केव मौसम अरब सागर में चक्रवाती त्फान ताऊ ते के प्रभाव से राजधानी सहित प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पडऩे का सिलसिला श्रू हो सकता है

पन्ना में बारिश होने की खबर है और सीहोर जिले में बादलों के असर से दिन के तापमान में गिरावट आई है